प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और राष्ट्र को सम्बोधित किया उन्होंने देशवासियों को बधाई और श्रभकामनाओं से अपने संबोधन का आरंभ करते हुए अमर शहीदों और वीरों के बलिदान को सर्वप्रथम नमन किया

उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों उनका त्याग उनका बलिदान और मां भारती को आभार कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी के वीरों का स्णवांकुरों का वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है हमारे फौज के ये जावांज जवान हमारे अर्द्धसैनिक बल हमारे पुलिस के जवान सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर मां भारती की रक्षा में जुटे रहते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सेवा परमोधर्म के मंत्र को पूर्ण समर्पण भाव से देश के चिकित्साकर्मियों स्वच्छताकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों तथा पुलिस क प्रशंसनीय कार्य के लिए वे उनका अभिनंदन करते हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में देश ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है

आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्म निर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां भी हैं पर उन चुनौतियों का समाधान देने वाले करोड़ों लोगों की शक्ति भी है

प्रधानमंत्री ने लालकिले के प्रचीर से कहा कि एक के बाद एक सुधारों को दुनिया देख रही है एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं देश की नारी शक्ति की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वरोजगार और रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है आज देश की बेटियां कोयले की खादान से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक की क्षमता रखती हैं

श्री मोदी ने बताया कि भारत में कारोना वायरस क तीन वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आंतकवाद और विस्तारवाद दोनों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है

आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण आज रात साढ़े नौ बजे किया जायेगा

इस अवसर पर रक्षामंत्रो राजनाथ सिंह प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया उपस्थित थे

प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में विधान भवन पर आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीदों सहित देश को दिशा देने वाले उन नेताओं को भी नमन किया जिनके पदचिन्हों पर चलकर देश मजबूती के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि आज जिस उत्साह के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान शामिल है उन्होंने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नमन किया तथा उन सैनिकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्हाने देश की स्वाधीनता को अक्ष्ण्य बनाये रखने के लिये अपना बलिदान दिया मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने लड़ाई लड़ी है उसकी भी तारीफ की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों स्ट्रीट वेन्डरों गरीबों और प्रवासी कामगारों को खाद्यान्न और भरण पोषण उपलब्ध कराया गया

उन्होंने कहा कि हमारी मशीनरी ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने की स्थिति में है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है उत्तर प्रदेश उस पर खरा उतरेगा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

सभी सरकारी अर्द्वसरकारी तथा निजी कार्यालयों संस्थानों के साथ राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में झंडा फहराया गया

पूर्व की भांति इस बार सड़कों पर प्रभात फेरी नहीं निकली और स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि जिन पुलिस के जवानों ने अपने अद्म्य साहस का परिचय दिया है उन्हें वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है बरेली में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भाजपा कार्यालय एवं भारत सेवा ट्रस्ट पर ध्वजारोहण किया

वाराणसी में मंडलायुक्त ने कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली नर्स अनुराधा राय से झंडारोहण कराकर अन्रठी मिसाल पेश की सिद्धार्थ नगर जिले में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अभूतवपूर्व प्रगति की हैं उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है बस्ती जिले में सांसद हरीश द्विवेदी ने बाढ़ से प्रभावित लागों के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया इस अवसर पर उन्होंने प्रभावित लोगों के बीच राहत सामाग्री का वितरण किया हमीरपुर बलिया और आगरा सहित अन्य जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिजनों को सम्मानित किया गया हापुड़ और आगरा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया कौशाम्बी में कोरोना योद्वाओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया जौनपुर बदायूं कानपुर नगर कानपुर देहात संभल हाथरस अयोध्या पीलीभीत सहित सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया गया प्रदेश में मुस्लिम धर्म गुरूओं ने भी झंडारोहण किया और लोगों को बधाई दी

मृत्यु दर निरंतर और स्थिर रूप से घट रही है अब कोविड मृत्यु दर एक दशमलव नौ चार प्रतिशत है